इस चरण के लिए एक हजार बासठ उम्मीदवारों ने दाखिल किये हैं पर्चे

पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर

कोविड के कारण इस बार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो रही है देवी दूर्गा की प्रतिमा की स्थापना पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सत्रह जिलों के चौरानवे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक हजार बासठ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल समाप्त हो गया प्रत्याशी उन्नीस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं दूसरे चरण के तहत तीन नवम्बर को मतदान होना है इस चरण में भाजपा कोटे से राज्य सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव राणा रणधीर जदयू से मंत्री श्रवण कुमार राम सेवक सिंह और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव तथा तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार विजय शंकर दुबे और कुपानाथ पाठक की प्रतिष्ठा भी दांव पर हैं इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों विधायक राजू तिवारी और रामकुमार साह की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है इधर तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है इस चरण के लिए बीस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी पर अपने नेताओं के नाम को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार में एनडीए के बैनर तले केवल चार दल भाजपा जदयू हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि लोजपा की हैसियत चुनाव में सिर्फ वोटकटवा की रह जायेगी

एनडीए और महागठबंधन के नेता चूनावी सभाओं के माध्यम से लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं इस सिलसिले कल जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज इमामगंज और औरंगाबाद के दाउद नगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि न्याय के साथ विकास का वादा उन्होंने पूरा किया है जदयू अध्यक्ष आज रोहतास और औरंगाबाद जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल बांका के बाराहाट और नवादा के हिसुआ में जन सभाओं को संबोधित किया श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा चुका है वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हर दिन विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है उन्होंने लोगों से विकास की गति को और रफ्तार देने के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जगदीशपुर कहलगांव शाहपुर और बड़हरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार आज विभिन्न मोर्चों पर जूझ रहा है बेरोजगारी चरम पर है कल कारखाने नहीं लगे और लोगों का पलायन जारी है राजद नेता ने लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों के हाथों को मजबूत करने की अपील की श्री यादव आज बांका जमुई और मुंगेर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरा और डिहरी में पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस ने गोपालगंज और सीवान तथा पार्टी के राज्य प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने गया में जन सभाओं को संबोधित किया सुशील कुमार मोदी आज राजपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं भभुआ में उनके रोड शो का भी कार्यक्रम है प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने मधुबनी के बिस्फी में जन समूह को संबोधित करते हुये कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार उनकी पार्टी की प्राथमिकता है जनतांत्रिक अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरा अरवल और कैमूर में जन सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यदि उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार को नम्बर वन बनाना उनका लक्ष्य होगा वाम दलों के नेता भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं पहले चरण के चुनाव में रोहतास जिले की नोखा विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में है

इस क्षेत्र से राजनीति करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और चार बार विधायक रह चुके रामेश्वर चौरसिया ने इस बार चुनाव में पार्टी से बगावत कर दी है गठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले के कारण भाजपा ने यह सीट इस बार जनता दल यूनाइटेड को दे दी है जिसके चलते नाराज चल रहे श्री चौरसिया लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड रहे हैं वे पिछली बार विधान सभा चुनाव में राजद की अनिता देवी से चुनाव हार गये थे अब श्री चौरसिया लोजपा के टिकट पर सासाराम विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड रहे है उनका मुकाबला मौजूदा विधायक और जदयू के प्रत्याशी अशोक कुमार से है राजद ने सासाराम से चुनावी मैदान में राजेश गुप्ता को उतारा है

वहीं राजद के कब्जे मे यह दो बार रही है आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददनजी पांडेय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने बताया कि धर्मनिरपेक्षता संवेधानिक अधिकार जनतंत्र और सार्वजनिक सम्पदा को बचाने का घोषणा पत्र में संकल्प है प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और बोचहां की विधायक बेबी कुमारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुये लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है यह सीट आपसी तालमेल के तहत विकासशील इंसान पार्टी के खाते में चली गयी थी उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट के सभी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है सबसे अधिक एक सौ चार सीटें रालोसपा के खाते में गयी हैं वहीं बसपा के हिस्से अस्सी सीटें आई हैं एआईएमआईएम चौबीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी मोर्चा ने उपेन्द्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है

प्रस्तुत है हमारे औरंगाबाद संवाददाता की रिपोर्ट बाईट औरंगाबाद जिले के सभी छह विधान सभा क्षेत्रों में अट्ठाईस अक्तूबर को पहले चरण में मतदान संपन्न हो जायेगा गोह नवीनगर ओबरा क्ट्बा रफीगंज और औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर इस बार क्ल अठहत्तर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं इसके अलावा बसपा और रालोसपा जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन तथा लोजपा के प्रत्याशी भी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं दो हजार पन्द्रह के विधान सभा चुनाव के पुराने समीकरण इस बार बदल गये हैं कई बागी नेताओं के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतरने से उलट फेर के कयास भी लगाये जा रहे हैं प्रमुख उम्मीदवारों में गोह से भाजपा के मनोज शर्मा राजद के भीम सिंह रालोसपा के डॉ रणविजय कुमार चुनावी अखाडे में हैं जदयू के वीरेंद्र कुमार सिंह फिर से नवीनगर से किस्मत आजमा रहे हैं उनके खिलाफ राजद ने विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लयू सिंह को महा गठबंधन उम्मीदवार के रुप में उतारा है औरंगाबाद सीट पर निवर्तमान विधायक आनंद शंकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड रहे हैं वहीं पूर्व मंत्री भाजपा के रामाधार सिंह इस सीट पर फिर से कब्जा जमाने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं

वहीं ओबरा से राजद के ऋषि सिंह जदयू के सुनील कुमार लोजपा के प्रकाश चंद्र स्वराज पार्टी के सोम प्रकाश प्रमुख हैं जिले में कई सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पडती है सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गयी हैं लगभग छब्बीस सौ मतदान केंद्र है जहां कोविड से बचाव को लेकर पूरी तैयारियां रहेंगी आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगबाद से कमल किशोर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि कोई राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाता है जिस पर आपराधिक मामले लंबित हों तो इसकी सूचना अखबार और टेलीविजन के साथ साथ पार्टी के सत्यापित ट्वीटर और फेसबुक पेज पर भी देनी होगी आयोग ने स्पष्ट किया है कि पार्टी को यह बताना होगा कि उसने आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को क्यों चुना साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनका उम्मीदवार अन्य स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों से कैसे बेहतर है दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद् चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन झा को भाकपा ने समर्थन देने का फैसला किया है पार्टी के प्रभारी राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने यह जानकारी दी शक्ति स्वरूपा देवी दूर्गा की आराधाना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है नौ दिन के अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है ज्योतिषविदों के अनुसार इस बार नवरात्र की श्रूआत सर्वार्थसिद्दी योग में हो रही है जो काफी शुभ है कोविड उन्नीस को देखते हुये इस बार लोग अपने घरों में ही कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं कोरोना को खतरे के कारण राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थनों पर प्रजा पंडाल और मूर्तियों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से ठीक होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है जो देश में सबसे अधिक है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक एक लाख नब्बे हजार दो सौ छप्पन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में नौ सौ इक्यासी लोगों की मौत हुई है सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार छह सौ उनचास है पूर्व मध्य रेल ने त्योहारों को देखते हुये पटना के राजेंद्रनगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल क्लोन ट्रेन को अब सप्ताह में एक दिन की जगह उन्नीस अक्टूबर से प्रत्येक दिन चलाने का फैसला किया है गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र के कर्णप्ररा गांव से प्रलिस ने एक साईबर अपराधी को चौंतीस लाख साठ हजार रूपये के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है भाजपा के रिपोर्ट कार्ड में नल जल से घर घर बिजली तक दैनिक जागरण की सुर्खी है भाजपा जदयू के बागियों को लोजपा ने दिया सिम्बल भाजपा के खिलाफ पांच उम्मीदवार उतारे दैनिक भास्कर ने लिखा है पीएम तेईस से बिहार दौरे पर चार दिन में करेंगे बारह सभाएं प्रभात खबर की सुर्खी है मुख्यमंत्री को लेकर लोजपा में फूट को मिले संकेत

इस चरण के लिए एक हजार बासठ उम्मीदवारों ने दाखिल किये हैं पर्चे

पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर

कोविड के कारण इस बार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो रही है देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना